यह घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज खुंडिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की मुख्यमंत्री ज्वालाजी और देहरा विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर है अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने आज खुंडिया में राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान विकास की गति को तेज किया ताकि हिमाचल को देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभारा जा सके सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि ठियोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मतियाना की विज्ञान प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान हुए धमाके के दौरान घायल विद्यार्थियों के उपचार में आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी शिक्षा मंत्री ने आज शिमला में कहा कि इस हादसे में घायल बंटी और अंकिता को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला से छुट्टी दे दी गई है जबकि मुकुल और अजीत को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है इन दोनों छात्रों का पीजीआई में सघन निगरानी में ईलाज चल रहा है इस बीच ठियोग कुमारसेन से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है उन्होंने घटना में घायल छात्रों के परिजनों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने और प्रयोगशाला में केवल शिक्षक की मौजूदगी में ही प्रयोग करने की भी मांग की है महेंद्र सिंह जल शक्ति और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि कृषि व बागवानी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का सशक्त माध्यम बन सकता है उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषि व बागवानी अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों को नवीनतम शोध किसानों और बागवानों तक पहुंचाने होंगे महेंद्र सिंह आज बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में फल व प्रष्प उत्पादन सिफारिशों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे महेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों से उच्च गुणवत्ता के बीज और कलमें तैयार करने को भी कहा ताकि सेब का रूट स्टॉक विदेशों से न मंगवाना पड़े राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य की नई आबकारी नीति की आलोचना की है राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कुछ लोगों को अनुचित लाभ देने के लिए इस नीति में संशोधन किया है उन्होंने कहा कि शराब ठेको की नीलामी न किए जाने का निर्णय गलत है क्योंकि इससे आबंटन में भाई भतीजावाद बढ़ेगा और राजस्व में भी कमी आएगी उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की राठौर ने शराब के ठेके और बार रात दो बजे तक खुले रखने के निर्णय का भी विरोध किया क्योंकि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा उन्होंने यह भी दावा किया नई आबकारी नीति से प्रदेश में शराब माफिया को बढ़ावा मिलेगा बैठक इंटर मीडिया पब्लिसिटी कॉओर्डिनेशन कमेटी की मासिक बैठक आज शिमला में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता सूचना व प्रसारण मंत्रालय की अप्पर महानिदेशक चंडीगढ़ रीजन देवप्रीत सिंह ने की बैठक में शिमला स्थित सुचना व प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया देवप्रीत सिंह ने इस मौके पर अधिकारियों को तालमेल से काम करने के निर्देश दिए ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जनता तक प्रचार प्रसार हो और वे इन योजनाओं का लाभ ले सके बैठक में सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा भुकम्प राजधानी शिमला में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए

भूकंप का केंद्र शिमला के उत्तर पूर्व में जमीन के पांच किलोमीटर भीतर था मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि भूकंप से किसी प्रकार के नुक्सान की कोई सूचना नहीं है बीते डेढ महीने में शिमला में भूकंप आने की यह दूसरी घटना है सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे सुरेश कश्यप आज सोलन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लोकहितकारी योजनाओं को तय समय पर पूरा करके ही लक्षित वर्गों को फायदा पहुंचाया जा सकता है